भारत और अमरीका ने कल तीन अरब डॉलर के रक्षा सौदे को अंतिम रूप दिया और स्वास्थ्य तथा तेल क्षेत्र में तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये दोनों देशों के बीच मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा और तेल कंपनियों ने सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किये अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका ने संबंधों को व्यापक वैश्विक सामारिक सहभागिता के स्तर पर ले जाने का निर्णय किया उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी को दिखाता है अत्याधनिक रक्षा उपकरण व प्लेटफार्म पर सहयोग से भारत की डिफ्रॅस क्षमता में बढ़ोतरी हुई है हमारे डिफ्रॅस मेनूफेक्वर्र एक दूसरे की सप्लाई चेन्स का हिस्सा बन रहे हैं भारतीय फोर्सेज आज सबसे अधिक ट्रेनिंग एक्सरसाइज यूएसए की फोर्सेज के साथ कर रही है पिछले कुछ सालों में हमारी सेनाओं के बीच इंटर अप्रैबिलीटी में अनप्रेसिडॅटिड वृद्धि हुई है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए एक नये तंत्र पर सहमत हुए हैं उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को समर्थन देने वालों को जिम्मेदार ठहराने के प्रयास तेज करने का भी निर्णय लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने इग्स और ओपी आयल क्राइसिज से लड़ाई को प्राथमिकता दी है आज हमारे बीच इग्स ट्रेफिकिंग नार्को टेरिरिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम जैसी गम्भीर समस्याओं के बारे में एक नये मेकोनिज्म पर भी सहमति हुई है कुछ ही समय पहले स्थापित हमारी स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप सुदृढ़ होती जा रही है अमरीका के राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि भारत और अमरीका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है दोनों देशों ने तीन अरब डॉलर के सैन्य हथियारों के सौदे को अंतिम रूप देने के साथ रक्षा क्षेत्र में विस्तार किया है उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने नागरिकों को कट्टर आतंकवाद से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है शाम को मीडिया से बातचीत में अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत के अपने दो दिन के दौरे को अद्भुत बताया उन्होंने कहा कि श्री मोदी के साथ विभिन्न मृद्दों पर चर्चा हुई उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बहत अच्छे हैं श्री ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता पर चर्चा की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत अमरीका के साथ सामरिक भागीदारी को और मजबूत करने के बारे में प्रतिबद्ध है कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ट्रम्प का स्वागत करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन के दौरान भारत अमरीका के द्विपक्षीय संबंध प्रगति पर हैं उन्होंने कहा कि श्री ट्रम्प भारत के गहरे मित्र हैं और नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम उन्हें भारत के लोगों के और करीब ले आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के बयालिस सौ से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इस माह से प्रत्येक रविवार को लगने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों में अब तक सत्रह लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गयी हैं उन्होंने कहा कि आरोग्य मेलों में उपचार कराने आने वाले मरीजो की संख्या लगातार बढ़ रही है मुख्यमंत्री कल विधान परिषद में बोल रहे थे कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में उन्तीस नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर रही है उन्हॉने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जायें केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं और स्थिति नियंत्रण में है श्री शाह उच्चस्तरीय बैठक में नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर उत्तर पूर्व दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद की रिथित पर चर्चा कर रहे थे बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे श्री शाह ने राजनीतिक दलों से संयम बरतने और स्थिति से निपटने के लिए दलगत भावना से उपर उठकर काम करने का आग्रह किया उन्होंने अफवाहों से दूर रहने और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की उन्होंने मीडिया से भी जिम्मेदारी के साथ रिर्पोटिंग करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का अनुरोध किया केन्द्रीय गृहमंत्री ने बताया कि पिछले तीन दिनों के दौरान दिल्ली से जुड़ी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गयी है उन्होंने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून पर उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई को देखते हुए पुलिस ने आवश्यक कदम उठाये हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री के साथ बैठक को सकारात्मक बताया प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है विधानसभा सचिवालय कार्यालय की ओर से कल इस बारे में अधिसूचना जारी की गयी सेंगर को उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक चुना गया था अधिसूचना के अनुसार सेंगर के अयोग्य ठहराये जाने के बाद यह सीट बीस दिसम्बर दो हजार उन्नीस से रिक्त मानी जायेगी इसी तारीख को दिल्ली की अदालत ने सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष अगस्त में सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतों पर शोक जताया है उन्होंने प्रत्येक पीड़ित परिवार को तत्काल चार चार लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है आकाशीय बिजली गिरने से कल लखनऊ सोनभद्र बाराबंकी चंदौली और देवरिया में पांच लोगों की मृत्यु हो गयी थी उधर प्रदेश में कई स्थानों पर कल ओलावृष्टि होने से फसलों को भारी नुकसान होने के समाचार हैं बिजनौर में कल देर रात तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है उप निदेशक कृषि जे पी चौधरी ने कहा कि ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी चंदौली में भी कल तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा है क्शीनगर जिले के सुकरौली कप्तानगंज और हाटा विकास खंडों में भी कल सुबह हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान के समाचार हैं इसके अलावा मऊ और देवरिया में भी ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है राष्ट्रीय समर स्मारक की कल पहली वर्षगांठ पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्वासुमन अर्पित किये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक संदेश में कहा है कि यह स्मारक देश की सेवा में कर्तव्य निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर जवानों को श्रद्वांजलि है यह स्मारक स्वतंत्रता के बाद विभिन्न युद्वों और आतंरिक सुरक्षा चुनौतियों के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को समर्पित है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष इसे राष्ट्र को समर्पित किया था सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है इसके अंतर्गत हम आपको उत्तर प्रदेश के जोड़ीदार राज्य मेघालय की संस्कृति लोक कला रहन सहन और पर्यटन स्थलों से रूबरू करा रहे हैं आइए आज मेघालय के पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं मेघालय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है मेघालय का शाब्दिक अर्थ ही बादलों का घर है यहां बादलों को बहुत करीब से देखा जा सकता है इसकी खूबसूती के लिए इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है यहां आने वाले पर्यटकों को राजधानी शिलांग में हाथी झरना और शिलांग की पर्कत चोटी काफी आकर्षित करती है शिलांग चोटी से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा दिखता है मॉम्लुह की गुफा भी मेघालय के सबसे सुन्दर पर्यटन स्थलों में से है यह स्थान राजधानी शिलांग से तकरीबन साठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेराप्रंजी के पास है यहां से पांच नदियां निकलती हैं इस गुफा श्रंखता को भारत की चौथी सबसे लंबी श्रंखला माना जाता है बलिया जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनाने के लिए बैंकों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है

उप निदेशक कृषि ने बताया कि केसीसी बनवाने के लिए किसानों को आवेदन प्रपत्र भरकर खसरा खतौनी और आधार कार्ड की प्रतियों के साथ दो फोटो बैंक में जमा करने होंगे किसानों को उसी बैंक में आवेदन प्रपत्र जमा करना होगा जहां से उन्हें किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि प्राप्त हो रही है आवेदन प्रपत्र सभी बैंक शाखाओं पर उपलब्ध हैं